इक्कीस बच्चों का चल रहा है इलाज छह की स्थिति गंभीर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस अधिकारियों को हर हाल में अपराध पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया है श्री कुमार ने पुलिस महानिदेशक से लेकर पुलिस उपाधीक्षक स्तर तक के अधिकारियों को क्षेत्र में रहकर ख़ुद स्थिति की निगरानी करने का निर्देश दिया आज पटना में विधि व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने पुलिस को गश्त अच्छी तरह से करने का निर्देश दिया है ताकि हर जगह उनकी मौजूदगी नजर आए बैठक में निर्देश दिया गया कि वरीय अधिकारी फील्ड में जाकर खुद पेट्रोलिंग की स्थिति को देखें साथ ही सभी गश्ती वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने के निर्देश दिये गये श्री सुबहानी ने बताया कि पुलिस उप महानिरीक्षक को सप्ताह में तीन दिन पुलिस अधीक्षक को सप्ताह में चार दिन और पुलिस उपाधीक्षक को सप्ताह में पांच दिन क्षेत्र में रहने के निर्देश दिये गये हैं बाद में संवाददाताओं से बातचीत में पूलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने बताया कि कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस मैनुअल को नये तरीके से बनाने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया मुजफ्फरपुर में अब तक इंसेफ्लाइटिस के सोलह संदिग्ध बच्चों की मौत हो चुकी है पिछले तीन दिनों के भीतर एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल में ग्यारह बच्चों की मौत हुई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज भी सात बच्चों को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है इन दोनों अस्पतालों में इक्कीस बच्चों का इलाज चल रहा है जिसमें छह की स्थिति गंभीर बतायी जाती है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा ने कहा है कि सरकार प्रदेश के सुखा प्रभावित जिलों में पेयजल संकट से निपटने के लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री झा ने कहा कि बड़े पैमाने पर खराब पड़े चापाकलों को ठीक करावाया जा रहा है साथ ही नये चापाकल भी लगवाये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि पेयजल संकट से जूझ रहे इलाकों में टैंकरों के माध्यम से भी पानी की आपूर्ति सूनिश्चित की जा रही है आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने कहा कि बाढ़ आने के पहले थोड़ी सी सावधानी अपनाकर बाढ़ से होने वाले जान और माल के नूकसान को बहत हद तक कम किया जा सकता है बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर आज पटना में आयोजित कार्यशाला में उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए किये जा रहे उपायों में तेजी लाने का निर्देश दिया उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि इक्कीस जून को पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी जिलाधिकारी और संबंधित सिविल सर्जनों को सभी विभागों से समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया है श्री मोदी ने कहा कि पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में मूख्य कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस वर्ष पटना के राजकीय आयुर्वेदिक कालेज में योग विज्ञान में एक वर्ष का पोस्ट ग्रेज़एट डिप्लोमा पाठयक्रम शुरु किया जायेगा एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के तत्वावधान में योग विज्ञान के अलावा पंचकर्म टेक्नीशियन प्रशिक्षण का एक वर्षीय नियमित पाठयक्रम भी शुरु किया जायेगा नामांकन के लिए आवेदन तीस जून से लिये जायेंगे खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम के काम में तेजी से सुधार किया जाएगा आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री पासवान ने कहा मंत्रालय में चार हजार एक सौ तीन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की जानी मानी कंपनी माइक्रोसाफ्ट के मालिक बिल गेटस का फाउंडेशन वर्ष दो हजार इक्कीस के बाद भी बिहार में स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार के लिए मदद जारी रखेगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने इसकी जानकारी दी श्री पांडेय ने बताया कि बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जरुरतों को पूरा करने के लिए मदद प्रदान करता है बेगूसराय जिले के मटिहानी में पुलिस ने पांच सौ बयासी कार्टन विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है बरामद शराब की कीमत लगभग साठ लाख रूपये बतायी जाती है वहीं मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र से तीन शराब कारोबारियों को छह सौ सत्तर लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है इधर अरवल जिले में कलेर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर मोड़ के पास एक कंटेनर से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है दूसरी तरफ सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र में टॉल प्लाजा के पास चलाये गये वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने ग्यारह लोगों को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया है

मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बादल छाये रहेंगे विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि बारह जून तक तापमान सामान्य बना रहेगा इधर मौसम विज्ञान केन्द्र पटना ने अगले दो से तीन घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण जिले के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है सबसे अधिक इक्यावन मिलीमीटर बारिश पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर और चालीस मिलीमीटर बारिश बगहा में दर्ज की गयी आज पटना और गया का अधिकतम तापमान उनतालीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया भागलपुर का अधिकतम तापमान अड़तीस जबकि पूर्णियां का छत्तीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र के फतुहा बख्तियारपुर फोरलेन के पास एक खेत से पुलिस ने तीन लोगों का कटा हुआ सिर बरामद किया पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि सिर देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मृतकों की उम्र पच्चीस से पैंतीस वर्ष के बीच है उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि अपराधियों ने करीब एक सप्ताह पूर्व हत्या करने के बाद सिर को घटनास्थल पर लाकर फेंक दिया है फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी और डॉग स्क्वॉयड टीम की मदद से छानबीन की जा रही है इधर समस्तीपुर पश्चिम चंपारण और भागलपुर में भी अपराधियों ने एक एक व्यक्ति की हत्या कर दी मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल योजना में हुई अनियमितता के मामले में औरंगाबाद जिले के बारूण हसपुरा और देव प्रखंड के अड़सठ वार्ड क्रियान्वयन सह प्रबंधन एजेंसी और छह संवेदकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्रालय वर्मी कम्पोस्ट प्लांट की स्थापना करेगा इस प्लांट में स्टेशन और रेलवे कॉलोनी से निकले कचरे से वर्मी कम्पोस्ट तैयार होगा कैमूर जिले के कूदरा थाना क्षेत्र के सकरी गांव के पास एक ट्रक के अनियंत्रित होकर घर में घुस जाने से दो महिलाओं की मौत हो गयी हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है वहीं बक्सर जिले के नवानगर थाना क्षेत्र के बासदेवा मोड़ के पास एक वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गयी नवादा जिले की एक अदालत में एक मामले में गवाही देने आये सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी की हृदयगति रुकने से मौत हो गई मृतक उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले थे दरभंगा स्थित वायू सेना केन्द्र में करंट लगने से एक बिजली मिस्त्री की हुई मौत से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया

इस दौरान अपराधियों ने कई राउंड हवाई फायरिंग भी की पूर्णियां जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने हत्या और लूट की घटनाओं में शामिल सात अपराधियों को गिरफ्तार किया है

इक्कीस बच्चों का चल रहा है इलाज छह की स्थिति गंभीर